राज्यपाल भोपाल में करेंगी ध्वजारोहण मुख्यमंत्री कमलनाथ छिदवाडा में फहरायेंगे तिरंगा

मध्यप्रदेश के चार लोगों को पदमश्री से किया जाएगा सम्मानित

मुख्य समारोह राजधानी दिल्ली के राजपथ पर होगा जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परेड की सलामी लेंगे स्कूली बच्चों की प्रस्तृति समेत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों की झांकियां विशेष आकर्षण रहेंगी इस वर्ष की परेड में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा मुख्य अतिथि होंगे वहीं प्रदेश में भी आज गणतंत्र दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जायेगा राज्य में मुख्य कार्यकम भोपाल के लालपरेड मैदान पर होगा यहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल परेड की सलामी लेकर झंडा वंदन कर परेड का निरीक्षण करेंगी वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ इस अवसर पर छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय पर आयोजित समारोह में राष्ट्रध्वज फहरायेंगे और आम जनता को संबोधित करेंगे समारोह में मुख्यमंत्री परेड की सलामी लेंगे वहीं मंत्रिपरिषद के सदस्य जिला मुख्यालयों पर आयोजित किये जा रहे जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे और मुख्यमंत्री के प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन करेंगे विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति नरसिंहपुर में और विधानसभा उपाध्यक्ष हीना कांवरे बालाघाट में तिरंगा फहरायेंगी

वहीं खंडवा में स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल होगें वहीं धार में आयोजित प्रदेश के वन मंत्री उमंग सिंघार ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे शिवपूरी में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्यम्न सिंह तोमर गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होगें जनसंपर्क मंत्री पीसीशर्मा होशंगाबाद जिला मुख्यालय पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होगें श्रम मंत्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया अशोक नगर में आयोजित समारोह में ध्वजारोहण करेंगे वहीं नर्मदा घाटी विकास मंत्री सुरेन्द्र सिंह बघेल झाबुआ में आयोजित गणतंत्र दिवस में शामिल होगें

इनमें से एक व्यंक्ति को संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया जायेगा

प्रदेश से चार लोगों को पद्मश्री से सम्मानित करने का फैसला किया गया है इनमें इंदौर के नेत्र रोग डाक्टर पीएसहार्डिया झाबुआ के समाजसेवी महेश शर्मा टीकमगढ के साहित्यकार कैलाश मडवैया और सतना जिले के किसान बाबूलाल दाहिया शामिल है

इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कल आदेश जारी किया गया